अब समाचार विस्तार से मांग मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्यों में प्रदेश को दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि करने की मांग की है ताकि आपदा में प्रभावित लोगों को और अधिक प्रभावी ढंग से मदद की जा सके गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में आए केंद्रीय दल के सदस्यों से मुलाकात के दौरान मुख्यतमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से सड़क बिजली पेयजल व अन्य योजनाओं का पुनर्निर्माण कराने के साथ ही आपदा में पीड़ितों को हरसम्भव मदद देने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुकसान की व्यापकता को देखते हुए आधारभूत सुविधाओं की पुनर्स्थापना के लिए और अधिक सहायता राशि की आवश्यकता है गौरतलब है कि यह केंद्रीय दल उत्तरकशी जिले में हुई आपदा के नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण पर था जल्द ही प्रदेश में आपदा से हुए नुकसान की सभी जानकारी और इससे संबंधित रिर्पोट केंद्र सरकार को सौंप दी जाएगी आपदा राहत उत्तरकाशी जिले में आपदा से प्रभावित क्षेत्र मोरी के विभिन्न गांवों में आम जन जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य पशुपालन पेयजल विद्युत और लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न सहायता दल मौजूद हैं जो परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में अबतक लगभग एक हजार पांच सौ लोगों का उपचार किया जा चुका है वहीं जिले के आपदा प्रभावित सभी गांवों में पेयजल व्यवस्था अस्थाई रूप से सुचारू कर दी गई है पशुपालन विभाग की टीम भी क्षेत्र में मौजूद है और पशु चिकित्सा संबंधित राहत कार्यों पर काम कर रही है उधर लोक निर्माण विभाग ने आराकोट क्षेत्र में बाधित दस में से पांच मार्गो को यातायात के लिए खोल दिया है साथ ही अन्य मार्गों को खोलने की कार्यवाही जारी है

आपदा राहत जारी आपदा से प्रभावित हुए लोगों को आवश्यक राशन सामग्री मुहैया कराने के पर्याप्त इंतेजाम किए गए हैं

राहत कार्यों पर निगरानी बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी आराकोट में मौजूद हैं वहीं लापता लोगों की अब भी खोज बीन जारी है और इस कार्य में एसडीआरएफ एनडीआरएफ सहित आईटीबीपी और पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं

क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्य में लगाए गए एक हैलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसमे सवार तीन लोग भी मारे गए थे निर्देश प्रदेश में निवास करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के निवारण के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा ये अधिकारी देश की स्वतंत्रता में भूमिका निभाने वाले सेनानियों की समस्याओं का निराकरण करेंगे ताकि उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर भटकना न पड़े अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान यह निर्देश दिए उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले की सभी तहसीलों में रह रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा जिससे आवश्यकता पड़ने पर तहसीलदार और अन्य अधिकारी अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद कर सकें श्रीमती रतूड़ी ने ऐसी व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया जिससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए देहरादून और अन्य जिला मुख्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया की उन खबरों का खण्डन किया है जिसमें कहा गया था कि आयकर रिर्टन दाखिल करने की तिथि को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है एक ट्वीट में आयकर विभाग ने लोगों को आज ही अपने रिर्टन दाखिल करने की सलाह दी

निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए कल से राष्ट्रव्यापी निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम शुरू होगा इसका उद्देश्य निर्वाचक नामावली को शत प्रतिशत त्रुटिरहित बनाना है इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर प्रत्येक निर्वाचक और उससे संबंधित जानकारियों का सत्यापन करेंगे

प्रदेश में भी मतदाताओं के त्रुटिरहित पंजीकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं विभागीय अधिकारियों को मतदाता सूची के सत्यापन कार्यो का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा गया है इस बीच चमोली जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपना और अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम मतदाता सूची में जांच लें कार्यशाला स्वच्छ भारत मिशन का सपना साकार करने के लिए प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमो का संचालन किया जा रहा है

कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्वच्छता सिर्फ एक कार्यक्रम ही नही बल्कि हमारी जिम्मेदारी है और हमे अपने आस पास स्वच्छ वातावरण तैयार करने के लिए समाज को प्रेरित करना चाहिए कार्यक्रम के दौरान जिले मे स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले खण्ड विकास अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया वैलनेस सेंटर अल्मोड़ा के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय शीतलाखेत में आज से आयुष वैलनेस सेन्टर श्रू हो गया है इस वैलनेस सेन्टर में योग ध्यान पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों का उपचार किया जाएगा इस वैलनेस सेंटर का मुख्य उददेश्य आयुर्वेद से रोगों का निवारण कर इस पद्धति को बढ़ावा देना है आयुष वैलनेस सेन्टर का शुभारम्भ करते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि स्वस्थ्य जीवन शैली के लिए योग और आयुर्वेद जरूरी है उन्होंने कहा कि इस वैलनेस सेन्टर के बनने से लोगो को काफी फायदा मिलेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को एकीकृत किया जाएगा जिससे बाद यह अठारह लाख करोड़ रुपये के कारोबार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को भी मिलाने की घोषणा की गई है यूनियन बैंक आन्ध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंकों का भी एकीकरण किया जाएगा इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी मिला दिए जाएंगे

उन्होंने बताया कि सरकार देश को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय कर रही है इन सुधारों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम काज में मौलिक सुधार होगा सर्तकता हल्द्वानी में जल जनित और संक्रमित बीमारियों की रोकथाम को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन सतर्क हो गया है जिला प्रशासन ने क्षेत्र की जनता को जल जनित रोगों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिये हैं विभागीय अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रभावित क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग दवा छिड़काव और घर घर में स्प्रे कराने को कहा